मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिये निर्देश अपना किचन अपना भोजन योजना में खुद भी बच्चों के साथ करें भोजन

पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ी दृश्वारियांजिला मुख्यालयों से कटा कई गांवों का संपर्कसड़के बाधित

वहीं कई लोग अस्पताल में भर्ती है इस मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मामले में एक थानेदार समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है

प्रदेश के प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी से इस घटना पर रिपोर्ट तलब की है हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि भगवानपुर के आसपास के गांवों के लोग कल किसी परिचित की तेहरवीं में आये थे जहां उन्होंने रात को कच्ची शराब पी थी उसके बाद उनकी तबियत बिगड़ने लगी

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घटना पर शोक जताया है मुख्यमंत्री ने घटना में प्रभावित अस्पताल में भर्ती लोगों को पूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है

गुरुवार को मध्याह भोजन योजना की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि इस पहल से बच्चों में सामूहिक कार्य करने की प्रवृति और संस्कृति के सुजन में मेदद मिलेगी उन्होंने मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत राज्यांश की देयता समय पर उपलब्ध कराने और छात्रों को दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच सघनता से करने के निर्देश दिए

विधायक खजानदास और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एस के गुप्ता ने बच्चों को टेबलेट खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की

सीएमओ ने बताया कि आज मौसम खराब होने के कारण स्कूलों में छुट्टी थी इसलिए आज क्छ बच्चों को दवा खिलाकर इसकी शुरुआत की गई है

कार्यक्रम में डॉक्टर ने बच्चों को पेट में होने वाले कीड़े से नुकसान के बारे में भी बताया

बजट सत्र में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शासन और विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की श्री अग्रवाल ने सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था द्रुस्त करने के निर्देश दिए उन्होंने शांति व्यवस्था अग्निशमन दल और उससे संबंधित व्यवस्थाएं बिजली की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान मंत्री विधायक अधिकारियों और कर्मचारियों के अवागमन और पास की व्यवस्था की जाए उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि चिकित्सकों के साथ ही सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा जाए

उन्होंने कहा कि इस बार का सत्र चुनौती भरा है इसमें राज्यपाल का अभिभाषण होना है साथ ही यह सत्र लंबा भी चलने वाला है बैठक में सचिव विधानसभा जगदीश चंद्र मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

उन्होंने देश और समाज की चिंतन की दिशा और किये जा रहे प्रयासों के आकलन के आधार पर ये बात कही देहरादून में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिन्दू एक जीवन दर्शन है समाज प्रकृति और पर्यावरण में समन्वय रखते हुए हिंदू समाज चलता है उन्होंने कहा कि हिन्दू तथा हिन्दुत्व समस्त विश्व को एक परिवार मानता है हिन्दू धर्म में अलग अलग मतों के मानने वाले हैं लेकिन जीवन दर्शन सभी का एक है एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भारतीय देशी गाय हमारी आर्थिकी का महत्वपूर्ण आधार है गाय से हमे दूध तो मिलता ही है गाय के गोबर और मृत्र का उपयोग भी कृषि कार्यों में किया जाता है उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश और विदेशों में गाय के गोबर और गौ मूत्र पर अनुसंधान हो रहे हैं आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत इंडिया हिंदुस्तान एक ही है लेकिन हमारी पहचान भारत से है उन्होंने कहा कि डॉ हेडगवार देशभक्त थे वो देश को स्वतंत्र कराने के लिए चलने वाले आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों में मनोयोग से हिस्सा लेते थे

कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है कल प्रदेश में अधिकांश जगह रातभर बारिश होती रही आकाशीय बिजली के कारण कई जिलों में विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई आज मौसम साफ रहा हालांकि कुछ जगह आंशिक बादल छाये रहे वहीं बर्फबारी के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं ग्रामीणों के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं रास्तों पर पाला जम गया है और कई जगह पानी की लाइन भी बाधित हो गई है केदारनाथ धाम समेत कई गांवों में विद्युत आपूर्ति बाधित है कई रास्ते बंद हैं जिसके कारण गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया है घरों में राशन पानी की दिक्कत होने लगी है चमोली में गुलमंडल चोप्ताजोशीमठ औली मोटर मार्ग बर्फ के कारण अब तक बंद है ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे हर्षिल से आगे अवरुद्ध है टिहरी में त्यूनी चकराता मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित है इसके अलावा भी कई ग्रामीण मार्ग बंद हैं जिन्हें खोलने का काम चल रहा है

राजकीय इंटर कॉलेज माणा धिंघराण में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और अन्य अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को दवा खिलाई

इस मौके पर बच्चों को बताया गया कि पेट के कीड़ों से सुरक्षा जरूरी है पेट में कीड़े होने के कारण ना तो बच्चे का संपूर्ण शारीरिक विकास हो पाता है और ना ही मानसिक बच्चों में कुपोषण व खून की कमी की समस्या अक्सर आती है जिसका एक कारण पेट के कीड़े भी हो संकते हैं जिलाधिकारी ने खुद एलबेंडाजोल की दवा खाकर बच्चों से कहा कि इससे कोई साईड इफेक्टस नहीं होते हें

युवाओं को ये समझाने के लिए पौड़ी में जनजागरण अभियान चलाया गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए गए अभियान में नुक्कड़ नाटक के जरिये लोगों को बताने की कोशिश की गई कि तंबाकू किस तरह हमारे शरीर को प्रभावित करता है पौड़ी की जिला तंबाकू नियंत्रण कॉर्डिनेटर श्वेता गुंसाई ने बताया कि नुक्कड़ नाटक के जरिये लोगों को तंबाकू नियंत्रण कानून के बारे में भी बताया गया